शिमला कुल्लू और डलहौजी में जल्द लगेंगे डॉप्लर राडॉर मौसम की हो सकेगी ज्यादा सटीक मविष्यवाणी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा मारत और तिब्बत की संस्कृति अभिन्न सदियों से दोनों देशों में रहे हैं व्यापारिक रिश्ते कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में पहली इंटर सर्विसिज पैराग्लाईडिंग एक्यूरेसी और चैम्पियनशिप आज से शुरू जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने के लिए वचनबद्ध है इसके लिए प्रदेश सरकार विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है मुख्यमंत्री आज चंबा ज़िला के किलाड़ डिग्री कॉलेज के नए भवन के उद्घाटन के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत ढांचे को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बना रही है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कॉलेज ग्णात्मक शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पांगी और किलाड घाटी को बेहतर कनेकटीविटी प्रदान करने के लिए मामला भारत सरकार से उठाएंगे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी की उपजाउ क्षमता को बचाने के लिए अब प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी हो गया है इससे न केवल कम लागत आती है बल्कि प्राकृतिक उत्पादों के बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं

उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए वर्षों से अत्याधिक रसायनों का प्रयोग किया है जिससे न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटी है बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है मौसम कार्यशाला मौसम विभाग प्रदेश के शिमला कुल्लू और डलहौजी में शीघ ही तीन डॉप्लर राडॉर स्थापित करेगा इसके लिए प्रक्रिया आरम्म कर दी गई है इन राडार के स्थापित होने पर मौसम विभाग क्षेत्रवार मौसम को लेकर पुर्वानुमान जारी कर सकेगा अभी तक केवल ज़िलावार ही पुर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं ये बात मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि मौसम परामर्श सेवा यूजर मीट के मौके पर कही ये कार्यशाला ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत आयोजित की गई उन्होंने कहा कि इन राडॉर के लगने से ओलावृष्टि बर्फबारी भारी वर्षा और बादल फटने जैसी स्थिति को लेकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि मौसम विभाग ने किसानों व बागवानों के लिए हर सप्ताह दो बार जारी होने वाली एडवाईजरी को अब ब्लॉक स्तर पर भी जारी करने का निर्णय लिया है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि भारत और तिब्बत की संस्कृति अभिन्न है और सदियों से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों ही संस्कृतियों का भविष्य में भी आपसी प्रेम और बंधुत्व कायम रहेगा

राज्यपाल ने कहा कि निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोग भारत में प्रेम एकता व सदभावना के साथ रह रहे हैं यही कारण है कि हमने तिब्बती समुदाय को कभी भी अपने से अलग नहीं माना आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे गोबिंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार आम लोगों विशेषकर गरीबों को समर्पित है और उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरम्म की गई है गोविंद ठाकुर आज कुल्लू के पतली कूहल में हिमाचल ग्रहणी सुरक्षा योजना के तहत रसोई गैस कनेकशन वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने अन्य विभागों के लाभार्थियों को भी चैक वितरित किए परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के हर नागरिक को मुफ्त इलाज व दवाईयां उपलब्ध करवाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है परमार आज रोगी कल्याण समिति भवारना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

इस पूर्व परमार ने आज पालमपुर के समीप लोहना पंचायत में एक प्ले स्कूल का शुभारम्भ भी किया सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है इसके लिए राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति तैयार की गई है सरवीण चौधरी आज इंदौरा विघानसभा क्षेत्र की डैंकवा पंचायत में पिनाकिन सोलर पावर यूनिट के शुभारम्भ के बाद जनसभा को संबोधित कर रही थी धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सहकार के माध्यम से समाज का आर्थिक समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा संभव हुआ है धूमल आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में ऊटपुर कृषि सेवा सहकारी समिति के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सहकार से समाज का उद्वार हुआ है

इस योजना के जिले में पूरी तरह से लागू हो जाने पर सिरमौर में कोई भी व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा

उन्होंने चयनित सूची को निर्धारित समय के भीतर कार्यरूप देने को कहा

कुलपति प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को विकलांग्जनों को सुविधाए देने की दृष्टि से देश के पहाड़ी राज्यों में आदर्श विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है प्रोफेसर सिकंदर आज विश्व व्हाईट केन दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में आयोजित विकलांग्ता जागरूकता कार्यशाला के मौके पर बोल रहे थे इस कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद सदस्य और विकलांग्ता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव द्वारा किया गया

कार्यशाला का संचालन दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा ही किया गया पैराग्लाईडिंग पहली इंटर सर्विसिज पैराग्लाईडिंग एक्यूरेसी चैम्पियनशिप आज कांगड़ा के बीड बिलिंग में आरम्म हुई

उन्होंने उम्मीद जताई कि ये आयोजन सर्विसिज आसाम राईफल और बीएसएफ के पैराग्लाईडरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव का लोहा मनावाने में सहायक सिद्ध होगी

अमित कश्यप उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि दशहरे के दिन जाखू मंदिर जाने वाले श्रद्वालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए ज़िला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि भक्तों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन निजी वाहनों को जाखू ले जाने पर रोक रहेगी और इन्हें संजौली छोटा शिमला या लिफट की पार्किंग में ही खड़ा करना होगा अमित कश्यप ने ये भी कहा कि दशहरे के दिन तारा देवी और संकटमोचन मंदिरों के लिए भी पथ परिवहन निगम की बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी

तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान घाटी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने पांगी के लोगों को फूल यात्रा उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है

समापन समारोह की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने की उन्होंने इस मौके पर विजेता व उपविजेता टीम को प्रस्कृत किया और कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का भी आहवान किया